टीकाकरण का यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा शुरूआत में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के तीन हजार छह सौ केन्द्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आपस में जुड़ेंगे शुरूआत में सभी टीकाकरण केन्द्रों पर करीब एक सौ लाभार्थियों को टीका दिया जाएगा टीकाकरण का यह कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने के आधार पर चलाया जाएगा प्रथम चरण में स्वास्थ्यकर्मियों सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और समेकित बाल विकास सेवा से संबंधित कर्मियों को टीके लगेंगे इधर छत्तीसगढ़ में भी कल से कोरोना टीकाकरण की शुरूआत होगी इसके लिए प्रदेश में पूरी तैयारी कर ली गई है प्रदेश के निन्यानवे केन्द्रों से टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा पहले दिन पांच हजार से ज्यादा टीके लगाए जाएंगे प्रत्येक बूथ में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक टीके लगेंगे बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा तेईस दुर्ग में इक्कीस और बिलासपुर में उन्नीस ब्रथ केन्द्रों से टीकाकरण का शुभारंभ होगा राजधानी रायपुर में टीकाकरण के लिए समुचित इंतजाम कर लिए गए हैं रायपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वार्ड ब्वॉय रामप्रसाद को सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया जाएगा इस सूची में डॉक्टर राजेन्द्र परगनिया सिविल सर्जन डॉक्टर पीके गुप्ता और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर का नाम भी शामिल हैं इसी तरह राजनांदगांव जिले में भी कोरोना टीकाकरण कल से शुरू हो रहा है जिले में पहले टीका करण के लिए पदमश्री डॉक्टर प्रखराज बाफना के नाम का चयन किया गया है

उन्होंने बताया कि कल केन्द्र सरकार के साथ ट्र वे इन्टरेक्शन के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर और महारानी अस्पताल बस्तर को चिन्हित किया गया है श्री साहू ने अधिकारियों को मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित टीकाकरण अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सभी विभागों के समन्वय से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए श्री साहू ने बताया कि प्रदेश को कोविशील्ड वैक्सीन की तीन लाख तेईस हजार डोज मिली है इनमें से प्रथम डोज के लिए वैक्सीन प्रदेश के सभी जिलों में भेज दिए गए हैं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में टीकों के वितरण परिवहन और भंडारण की स्थिति की समीक्षा की प्रभारी मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना टीकाकरण की दूसरी डोज जिलों को अट्ठाईस दिनों बाद भेजी जाएगी इस बीच दुर्ग जिले में कल से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं टीकाकरण के लिए पांच केन्द्र बनाए गए हैं जिनमें जिला चिकित्सालय दुर्ग श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जुनवानी सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगपूरा और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैक्ंठधाम शामिल हैं जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने बताया कि अट्ठारह जनवरी से तीस जनवरी तक कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाने के लिए तेरह केन्द्र चयनति किए गए हैं इन केन्द्रों में मंगलवार शुक्रवार और शासकीय अवकाश को छोड़कर शेष दिनों में टीकाकरण किया जाएगा

कल जिले में चिन्हांकित स्वास्थ्य कर्मचारियों मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह टीका लगाया जाएगा इसके लिए सूची तैयार कर ली गई है इससे जिले के साठ प्रतिशत कोरोना वॉरियर्स को टीका लग जाएगा वहीं सरगुजा जिले में भी कोरोना वैक्सीन की तेरह हजार आठ सौ डोज पहुंच गई है जिला मुख्यालय अंबिकापूर में कल पहले दिन चार सौ स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जाएगा इसी तरह बालोद में भी कोरोना वैक्सीन की तीन हजार आठ सौ चालीस डोज पहुंची है इसे जिले के देवरी और अर्जुन्दा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ ही जिला अस्पताल बालोद के स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में उठ रही शंकाओं को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उधर कोंडागांव जिले में वैक्सीन पहुंच चुकी है वैक्सीन को कोल्ड चैन स्टोर में सुरक्षित रखा गया है जिले के तीन स्वास्थ्य केन्द्र कोंडागांव केशकाल और फरसगांव में टीकाकरण किया जाएगा वहीं बीजापुर जिले में भी कोरोना टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जिले में उनतीस टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीआर पुजारी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन प्ररी तरह सुरक्षित है उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें

मंत्रालय ने कोविड नाइंटीन वैक्सीन से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला तैयार की है आकाशवाणी से बात करते हुए जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि कोविड की दूसरी खुराक लेने के दो सप्ताह बाद ही सुरक्षात्मक एंटीबॉडीज विकसित होते हैं दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कोरोना वैक्सीन को एक जगह से द्रसरी जगह ले जाने और भंडारण की कारगर प्रणाली के बारे में बताया डॉक्टर मलिक ने लोगों को भरोसा दिलाया कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें इस टीकाकरण अभियान में सकारात्मक रूप से शामिल होना चाहिए

इस बीच देश के औषधि महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित कोविड नाइंटीन की दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं देशभर के उनचास प्रमुख वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इस संबंध में एक वक्तव्य जारी किया है उन्होंने देशवासियों से कहा है कि जो तत्व अपने संकीर्ण निहित स्वार्थो के लिए वैक्सीन के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और डॉक्टरों तथा वैज्ञानिक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को नकार दें

कौषल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौषलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौषलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा कौषल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय ने कौषल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रषिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत की स्किल इंडिया मिषन के चौथे चरण में वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के दौरान नौ सौ उनचास करोड़ रुपये की लागत से आठ लाख उम्मीदवारों को प्रषिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष दो हजार पंदह में स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी पिछले दो चरणों के अनुभवों के आधार पर अब तीसरे चरण की शुरुआत की गई है जिसका उद्देष्य भारत को दुनिया में कौषलों का मुख्य केंद्र बनाना है संसद सत्र संसद का बजट सत्र इस महीने की उनतीस तारीख से शुरू होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरूआत होगी एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी स्थायी समितियों द्वारा उनकी रिपोर्टों की तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्यवाही पंद्रह फरवरी को स्थगित हो जाएगी बजट सत्र का दूसरा भाग आठ मार्च से शुरू होगा सरकारी प्रयोजन की आवश्यकतानुसार सत्र के आठ अप्रैल को संपन्न होने की संभावना है सेना दिवस आज तिहत्तर सेना दिवस मनाया जा रहा है दिल्ली के कैंट के करियप्पा मैदान में आज सेना दिवस का आयोजन किया गया इससे पहले सेना प्रमुख मनोज मुकूंद नरवणे ने करियप्पा मैदान में परेड का निरीक्षण किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के जवानों को बधाई दी है मुख्यमंत्री कलेक्टर निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को अपने जिलों में बंद हो चुकी खदानों को जल संरक्षण स्रोतों के रूप में विकसित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने इन खदानों में विभिन्न रोजगारमूलक गतिविधियों के संचालन को भी कार्ययोजना में शामिल करने को कहा है मुख्यमंत्री द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि इस संबंध में कार्ययोजना एक माह के भीतर तैयार करें इस कार्य में होने वाले व्यय की व्यवस्था मनरेगा डीएमएफ सीएसआर पर्यावरण और अधोसंरचना मद तथा अन्य विभागीय योजनाओं में उपलब्ध आवंटन से की जा सकती है श्री बघेल ने कहा कि आगामी एक अप्रैल के पहले खनन स्थलों के जीर्णोद्वार का कार्य शुरू किया जाए और वर्षा ऋतु के पूर्व कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जाए राज्यपाल राम मंदिर राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में श्रीराम मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की इस दौरान राज्यपाल ने अयोध्या में बनने वाले श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पित किया इस अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद के कोषाध्यक्ष रमेश मोदी ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर में निधि संग्रह अभियान आज से शुरू किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में भी राज्यपाल से निधि प्राप्त कर अभियान की शुरूआत की जा रही है

इसका श्भारंभ क्लपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने किया कार्यक्रम के पहले दिन पत्रकारिता विभाग की ओर से आंचलिक पत्रकारिता की चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर विमर्श का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई राजेश जोशी और आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के सहायक निदेशक समाचार विकल्प शुक्ला ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया अगली कड़ी में कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा माओवादी हत्या गिरफ्तार राजनांदगांव जिले में मानपुर क्षेत्र के ग्राम परदोनी में माओवादियों ने बीती रात सरपंच के पति की हत्या कर दी मिली जानकारी के अनुसार सरपंच के पति मैनूराम घर में रात के समय सोने की तैयारी कर रहा था उसी समय करीब आठ से दस माओवादी उन्हें घर से उठाकर जंगल की ओर ले गए जहां लाठी डंडे से पीटकर उनकी हत्या कर दी मौके पर माओवादियों ने पर्चा भी छोड़ा है उधर बीजापुर जिले में नेलसनार थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है वहीं सुकमा जिले में कोबरा बटालियन के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है स्लोगन प्रतियोगिता परिणाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ युवा विषय पर जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं की सूची ऑनलाइन जारी की चयनित सर्वश्रेष्ठ सौ विजेताओं को एक एक हजार रूपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा स्पंदन अभियान मुंगेली जिले में आज स्पंदन अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तनाव से दूर रहने के लिए योग करने और खेल जैसी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह दी उन्होंने कहा कि इससे शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने में मदद मिलती है ट्री मैन निधन प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने वाले ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी गैंदलाल देशमुख का बीती रात निधन हो गया वे चौरानवे वर्ष के थे श्री देशमुख पिछले एक सप्ताह से अस्वस्थ थे और उनका इलाज दूर्ग जिला अस्पताल में चल रहा था श्री देशमुख ने पांच एकड़ बंजर जमीन को जंगल बनाकर और अपने गांव कोड़िया से लेकर महाराजा चौक द्र्ग तक सड़क के दोनों किनारे बरगद पीपल और नीम के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मिसाल कायम की थी उन्होंने पूरी जिंदगी पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया था श्री देशमुख को पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है खेल समाचार जांजगीर चांपा जिले की एक महिला कराते खिलाड़ी ने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है हाल ही में डोंगरगढ़ में आयोजित कराते स्पर्धा में जांजगीर के आठ खिलाड़ी शामिल हुए थे जिनमें से इस खिलाड़ी ने गोल्ड मैडल हासिल किया जबकि छह खिलाड़ियों ने सिल्वर मैडल पर कब्जा जमाया

आज न्यूनतम तापमान में मामूली परिवर्तन हुआ है मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों के कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है मौसम विभाग ने शीतलहर के दौरान लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने नये केंद्रीय कृषि कानून के संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने आज गरियाबंद में महिला उत्पीड़न से संबंधित कई प्रकरणों की सुनवाई की इस दौरान कई प्रकरणों का आपसी राजीनामा से निराकरण किया गया प्रदेश में पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की एक सूत्रीय मांग को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल का राजनांदगांव जिले के सरपंचों ने समर्थन किया है

यह ट्रेन वाराणसी बलिया सहतवार रेवती छपरा के स्थान पर बलिया औनिहार भटनी छपरा से होकर चलेगी छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने आज राजनांदगांव में आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म भोजन के बजाय सूखा राशन देने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिक परिषद के चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं इस सिलसिले में आगामी बाईस जनवरी को वार्डों का आरक्षण किया जाएगा और दुर्ग जिले के भिलाई थाना क्षेत्र में एक उद्योगपति से सैंतीस लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाले दो जालसाज के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं